मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बेंगलुरू में आयोजित रोड शो बिजनेस दू गर्वनमेंट के दौरान उद्यमियों व उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई है जिसका उद्देश्य अतिआधुनिक अधोसरंचना विकसित करना विनिर्माण समावेशिता नवाचार को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को निवेश के लिए आगे आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि सरकार उद्यमियों को कई प्रोत्साहन व रियायतें प्रदान कर रही है उन्होंने बताया कि जून में धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए उद्यमी डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट इन्वेस्ट इन हिमाचल डॉट कॉम पर पंजीकरण करवा सकते हैं जयराम ठाकुर ने उद्योगों के प्रमुखों के साथ अलग अलग बातचीत भी की

प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और राज्य में किसी भी सूरत में नशा माफिया को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा चंडीगढ़ में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने ये बात कही इस मौके राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश में नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान छेड़ा गया है ताकि युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके उन्होंने कहा कि नशाखोरी एक विश्व व्यापी समस्या बन गई है और युवा पीढ़ी को इसके दलदल से बचाना बड़ी चुनौती है समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्यो के लिए हिमाचल पंजाब व हरियाणा की कई हरितयों को सम्मानित किया गया

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित करने के बाद आज एक जनसभा में यह बात कही

शहीदी दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पूरे देश में आज शहीदी दिवस के रूप में मनाई गई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बापू की समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्वासुमन अर्पित किए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने राष्ट्रपिता को श्रद्वांजलि दी इस मौके दो मिनट का मौन रखकर देश की आजादी व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया गया प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर और महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए शहीदी दिवस के मौके पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित कार्यालयों में दो मिनट का मौन रख कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई

सोलन जिला के डेढ़ घराट में कृषि विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय किसान मेले के शुभारंभ पर अवसर आज सांसद वीरेंद्र कश्यप ने ये विचार व्यक्त किए उन्होंने किसानों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान करते हुए कहा कि सरकार इस खेती को उचित बाजार दिलाने का प्रयास कर रही है वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि किसान मेलों के आयोजन से लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी दी जा रही है ताकि वे लाभान्वित हो सके मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज दोपहर से रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है जबकि अन्य भागों में कुछ स्थानों पर ब्रंदाबांदी का समाचार है तापमान में भारी गिरावट के चलते कड़ाके की ठण्ड का दौर जारी है

रिकांगपिओ से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि क्षेत्र में यातायात और पेयजल व्यवस्था भी सुचारू नहीं हो पाई है